शिमला में कल एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि स्वर्णिम रथ यात्रा का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक हिमाचल वासी की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित कर उनमें अपनत्व की भावना पैदा करना है

पठानिया निधन पूर्व मंत्री व फतेहपुर निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस विधायक सुजान सिंह पठानिया का आज सुबह लगभग आठ बजे निघन हो गया है

सुजान सिंह पठानिया पिछले लंबे समय से बीमार चल रहे थे राजेन्द्र राणा प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष व विधायक राजेन्द्र राणा ने प्रदेश में कथित तौर पर चल रहे फर्जी वाहन पंजीकरण मामले की निष्पक्ष एजेंसी से जांच करवाने की मांग की है राजेन्द्र राणा ने कल शिमला में एक बयान में कहा कि प्रदेश में लगातार हो रहे इस तरह के मामलों से राज्य की छवि खराब हो रही है

इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयारियां की जा रही हैं

सोलन के उपायुक्त केसी चमन ने जिले में पल्स पोलियो अभियान को लेकर एडवाईजरी जारी की है उन्होंने कहा कि पोलियो की दवा पिलाने के लिए जो भी लोग बच्चों के साथ दवा केन्द्र तक आएंगे उन्हें दो गज की दूरी और मास्क पहनना जरूरी होगा

अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है जिला परिषद चुनाव पर अमर उजाला की सुर्खी है शिमला कुल्लू जिला परिषद पर कांग्रेस काबिज दैनिक जागरण के शब्द हैं सब को आईना दिखा गए जिला परिषद चुनाव पंजाब केसरी ने खबर दी है बजट तैयारियों के बीच एक हजार करोड़ कर्ज लेगी हिमाचल सरकार जबकि हिमाचल दस्तक लिखता है दो किश्तों में आएगा पैसा लगतार तीसरे महीने लिया लोन

पत्र लिखता है नाहन मेडिकल कालेज में पांचवीं मंजिल से कूदा कोरोना मरीज दस निजी विश्वविद्यालय की बेची गई फर्जी मार्क्सशीट शीर्षक से अमर उजाला ने लिखा है बद्दी में फर्जी मार्क्सशीट मिलने का मामला अब तक डेढ़ दर्जन लोगों से पुलिस कर चुकी पूछताछ पैसे बचाने के लिए इंदौरा में गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन में फर्जीबाड़ा शीर्षक से खबर को दिव्य हिमाचल ने प्रमुखता दी है

जबकि डेमोकेसी हिमाचल के शब्द हैं हिमाचल में फिर बढ़ने लगी कोरोना की रफतार